वे मुख्यमंत्री निवास पर हई चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर अभी कोई तिथि तय नहीं की गई है वहीं सूत्रों को कहना है कि भाजपा नवरात्रि के दौरान अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है जो दृष्टिपत्र के रूप में भी हो सकता है उधर दिल्ली में मध्यप्रदेश कांग्रेस स्कीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है तीन दिवसीय इस बैठक के दौरान प्रदेश के लिये कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर फैसला होने की संभावना है बैठक में प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं आचार संहिता आदर्श आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यवाही की जा रही है रायसेन जिले में जांच दस्ते ने एक कार से करीब साढ़े नौ लाख रूपये बरामद किये हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर सभी स्थानों पर निगरानी टीमें लगातार जांच कर रही हैं उधर मुरैना में पुलिस ने आज सुबह कार से अवैध देशी शराब की पेंसठ पेटियां बरामद की हैं कार को जब्त कर लिया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि शराब ग्वालियर से मुरैना की और लाई जा रही थी इसकी कीमत करीब डेढ़ लाख रूपये बताई जा रही है उधर सीहोर में आज से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है कलेक्टर ने कल रात जारी किये आदेश में शस्त्र लायसेंस के निलंबित होने की जानकारी भी दी गई है साथ ही किसी भी कार्यक्रम के लिये अनुमति लेना भी अब अनिवार्य होगा ईवीएम फोटो आगामी विघानसभा चुनाव वाले राज्यों में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और डाक मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो होंगे निर्वाचन आयोग के अनुसार इससे किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक जैसे नामों वाले उम्मीदवारों को लेकर किसी भी गलतफहमी को दूर करने में मदद मिलेगी आयोग ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे मतदान अधिकारियों को अपने हाल के स्टैंप आकार के फोटो उपलब्धर करायें निर्वाचन आयोग ने बताया कि मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान मिजोरम और तेलंगाना विघानसभाओं के चुनाव में मतदान पत्रों पर पहली बार प्रत्यााशियों के फोटो भी होंगे

इस अवसर पर परंपरा के अनुरूप गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना केन्द्र में भव्य परेड का आयोजन किया गया वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने परेड का निरीक्षण किया परेड के बाद वायुसेना की योद्वा टीम ने अपने शस्त्र कौशल का प्रदर्शन किया इसके बाद भारतीय वायुसेना के विमानों ने रोमांचक हवाई करतब और कलाबाजियां पेश की

वे हमारी हवाई सीमाओं की रक्षा तो करते ही हैं आपदाओं के समय भी आगे बढकर राहत और बचाव अभियान चलाते हैं दुर्घटना टीकमगढ़ जिले में आज सुबह एक ट्रक के झोंपड़ी पर पलटने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई लिघौरा थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में एक बच्ची की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज तड़के नदी से रेत भरकर एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर लिघौरा में सड़क किनारे बनी एक झोंपड़ी पर पलट गया चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्यप्रदेश प्रवास पर हैं वे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मंथन करेंगे श्री यादव ने आज खजुराहो एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए केहा कि प्रदेश में हमारी पार्टी चौथे नंबर की पार्टी है और इस बार हम पहले से ज्यादा प्रत्याशी जिताने का प्रयास करेंगे श्री यादव ने कहा कि प्रत्याशियों की घोषणा अभी नहीं होगी चुनाव करीब आते ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी पितुमोक्ष प्रदेश में आज पितृमोक्ष अमावस्या पर श्रद्वालू पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं उज्जैन की क्षिप्रा और होशंगाबाद की नर्मदा नदी के तटों और घाटों पर श्रद्दालू नर्मदा में स्नान कर अपने पितरों का श्राद्व कर रहे हैं जबलपुर के भेड़ाघाट बरमान और पिपरिया में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए प्रशासन पुलिस और नगरपालिका ने नदी के घाटों पर समुचित व्यवस्थाएं की हैं अमावस्या कल भी मनाई जायेगी

मुरैना पूलिस ने दो आरोपियों को गिरफ़तार किया है